अब तक सत्रह विदेशी समेत तीस लोगों के नमूने जांच के लिये भेजे गये प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या सोलह से बढ़कर बाईस हयी

बिहार सरकार ने उन एक सौ छियालीस व्यक्तियों की सूची तैयार की है जिन्होंने दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन में तब्लीगी जमात में भाग लिया था गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमीर सुबहानी ने कहा कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को इन व्यक्तियों का पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं इन सभी का पता लगाने के लिये जिला प्रशासन को इनके पते और मोबाइल नंबर उपलब्ध करा दिए गए हैं श्री सुबहानी ने बताया कि जमात में शामिल सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कर चौदह दिनों के आईसोलेशन में रखा जायेगा इस सिलसिले में अब तक तीस लोगों की पहचान हो चुकी है जिनका सैंपल जांच के लिये एकत्र कर लिया गया है पटना से उन्नीस और बक्सर से ग्यारह लोगों के सैंपल लिये गये हैं इनमें से सत्रह विदेशी और दो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं बक्सर में इंडोनेशिया और मलेशिया के चार नागरिकों को क्वारंटीन किया गया है पटना के सिविल सर्जन ने बताया कि जिन लोगों के सैंपल लिये गये हैं उनमें से किर्गिस्तान के दस नागरिक हैं गया निवासी एक नौसेना अधिकारी को पटना स्थित उनके ससुराल में क्वारंटीन किया गया है प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर बाईस हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सात संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव पायी गयी इनमें से चार सीवान और एक एक गोपालगंज गया तथा बेगूसराय के रहने वाले हैं सीवान के इम्युनाइजेशन पदाधिकारी डॉ प्रमोद कुमार पांडेय ने बताया कि दो मरीज जिले के बरहरिया के एक हसनपुरा और एक सरेया दरौली का रहने वाला है उन्होंने बताया कि चारों बाईस मार्च को खाड़ी देशों अब्धाबी मस्कट शारजाह और बहरीन से भारत आए थे बेगूसराय जिले के बरौनी के जिस मरीज को कोरोना संक्रमित पाया गया है वह भी पिछले दिनों दुबई से लौटा है हमारे संवाददाता ने बताया कि मरीज के परिजनों को क्वारंटीन कर दिया गया है साथ ही उस वाहन की भी तलाश की जा रही है जिससे वह अपने घर आया था वहीं गया का संक्रमित युवक राज्य के पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आया था गया के सिविल सर्जन डॉ ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि संक्रमित युवक मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव का रहने वाला है उन्होंने बताया कि वह मुंगेर के उस निजी अस्पताल में काम करता था जहां राज्य के पहले संक्रमित युवक का इलाज हुआ था कल ही गोपालगंज के एक युवक में भी संक्रमण की पुष्टि हुयी है जो पिछले दिनों दुबई से लौटा था सभी संक्रमितों के परिजनों को आईसोलेट कर दिया गया है और उनके घर के आसपास के इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है गौरतलब है कि प्रदेश में अब तक कोरोना से एक मरीज की मौत हो चूकी है जबकि एक को उपचार के बाद छूट़टी दे दी गयी है देशभर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर सोलह सौ उन्नीस हो गयी है इनमें से चौदह सौ बीस मरीजों का इलाज चल रहा है जबकि एक सौ पचास मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी है उनचास मरीजों की मौत हो चुकी है केंद्र सरकार कोविड उन्नीस का सामुदायिक प्रसार रोकने की रणनीतियां अपना रही है संक्रमण को और फैलने से रोकने के लिए कोविड उन्नीस केंद्रों में संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आए लोगों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में संक्रमण फैलने वाले स्थानों की संख्या बढ़ गई है

इस जंग में किसी भी एक समाज के व्यक्ति का स्पोर्ट ने मिलने पर पूरे समाज को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर ने कहा कि अब तक बयालीस हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई है

अभी इस वक्त एक सौ तीस लैब्स फांक्शनल हो चुके हैं प्राइवेट लैब्स में फोरटी नाइन लैब्स को परमीशन दे चुके हैं और कल प्राइवेट लैब्स में थ्री नाइंटी नाइन पेशंट की जांच हो चुकी है डॉक्टर गंगाखेड़कर ने बताया कि परिषद कोविड उन्नीस का टीका विकसित करने के लिए बायो टेक्नोलॉजी विभाग तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ मिल कर कार्य कर रही है गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि हाल ही में वीजा नियमों का उल्लंघन करके भारत की यात्रा करने वालों को प्रतिबंधित सूची में डालने सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने यह भी कहा कि कोविड उन्नीस से संबंधित अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उनपर कड़ी कार्रवाई की जायेगी भारतीय रेल आवश्यकता पडने पर बीस हजार कोच में संशोधन कर आइसोलेशन कोच के रूप में इस्तेमाल के लिए तैयार है इन कोचों में तीन लाख से अधिक बिस्तर होंगे पांच हजार कोच में संशोधन का कार्य शुरू कर दिया गया है इनमें अस्सी हजार बिस्तर होंगे रेल मंत्रालय के अनुसार इन कोचों में सभी आवश्यक सुविधाएं होंगी इधर पूर्व मध्य रेलवे ने दो सौ आठ स्लीपर डिब्बों को आईसोलेशन वार्ड के रूप में परिवर्तित करने का काम शुरू कर दिया है मुख्य जन संपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि एक डिब्बे में आठ बेड होंगे और प्रत्येक बेड को बेहतर चिकित्सा उपकरणों से लैस किया जायेगा केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध स्वास्थ्य संगठनों की वैधता बढा दी गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह सूची इस वर्ष तीस जून या सूचीबद्ध करने की अगली तारीख में से जो भी पहले होगी तब तक मान्य होगी इस स्थिति में नियम शर्ते और दरें पहले के समान ही होंगी गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इक्कीस हजार से अधिक राहत शिविर बनाए गए हैं जहां छह लाख से अधिक लोगों को ठहराया जा सकता है उन्होंने कहा कि तेइस लाख से अधिक लोगों को भोजन देने की तैयारी की गई हैं

यह स्टेंडर्ड माइग्रंट वर्ककरस को भी उपलब्ध हैं जो उन वर्क़करस को भी उपलब्ध है जिनको सिर्फ भोजन की आवश्यकता है और यह सुविधाएं उनको भी उपलब्ध है जो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए हैं लेकिन सेल्फ स्टेंडर्ड हेल्थ प्रोटोकोल के अनुसार क्वारंटाइन है माइग्रंट वर्क्करस की रिथिति नियंत्रण में हैं इंटरस्टेट कार्गो मूवमूंट स्मूथली चल रहा है जहां भी कोई भी समस्या हमारे संज्ञान में लाई जाती है वहां हम तुरंत उसके निदान के लिए कार्रवाई करते हैं कोरोनो वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुये प्रदेश के दस प्रतिशत से अधिक सरकारी स्कूलों को आईसोलेशन सेंटर के रूप में बदला गया है इन जगहों पर अन्य राज्यों से लौटने वाले लोगों को ठहराया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे आईसोलेशन सेंटर की देखरेख के लिये एक सरकारी कर्मी को प्रभारी बनाने का निर्देश दिया है उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने प्रदेश के कोरोना संक्रमित मरीजों के परिवार के लोगों और निकट संपर्क में आने वाले लोगों की जांच कराने का आदेश दिया उन्होंने इलाज में लगे डॉक्टरों नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की सुविधाओं का भी ख्याल रखने को कहा साथ ही श्री कुमार ने सभी राशन कार्डधारियों के बैंक खाते में तत्काल एक एक हजार रूपये के भ्रगतान और मूफ्त राशन भी जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के मद्देनजर नेपाल सीमा पर फंसे भारतीय नागरिकों को राज्य में प्रवेश नहीं दिया जायेगा राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि सीमा पर ही उनके लिये शिविर बनाये गये हैं जहां उनके खाने पीने और स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है देशभर में नोवेल कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महामारी फैलने से रोकने के लिए कई परामर्श जारी किए हैं मंत्रालय ने सामाजिक दूरी बनाए रखने व्यक्तिगत साफ सफाई और भीड़भाड़ से बचने जैसे अनेक उपाय करने को कहा है

लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा के सामान की खरीददारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहे आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले गलने से भी बचना चाहिए बाजार मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम एक मीटर की दूरी रखें घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए लोगों को अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए

यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीडित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले

कोविड उन्नीस का संक्रमण रोकने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों और कामगारों को सुरक्षा उपायों का पालन करने तथा सावधानी बरतने की सलाह दी है परिषद ने रबी फसलों की कटाई के दौरान किसानों के लिए परामर्श जारी किया है कृषि मंत्रालय ने कहा है कि कामगारों को खेत में काम करते समय हर स्तर पर सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए और एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर भारत के कई राज्यों में कम्बाइन हार्वेस्टर के जरिए गेहूं की फसल की कटाई हो रही है इसलिए विभिन्न राज्यों के बीच और राज्यों में मशीन लाने ले जाने की अनुमति दी गई है सभी किसानों को खेतों में जाने से पहले और काम करने के बाद व्यक्तिगत साफ सफाई और सामाजिक दूरी बनाए रखने के उपायों का पालन करना चाहिए लॉकडाउन को देखते हुये प्रदेश में सरकारी स्तर पर धान खरीद की समयसीमा तीस अप्रैल तक बढ़ा दी गयी है

श्री मोदी ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड में इकतीस मई तक कर्ज के भुगतान पर अब मात्र चार प्रतिशत ब्याज देना होगा बाईस मार्च को जनता कर्फ्यू से पहले अवकाश पर गये पुलिसकर्मियों की ड्यूटी अब वहीं लगायी जायेगी जहां वे वर्तमान में हैं यह व्यवस्था लॉकडाउन तक चलेगी इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आदेश निर्गत किया है प्रदेश के जेलों में बंद कैदियों की उनके परिजनों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मुलाकात करवायी जा रही है जेल आईजी मिथिलेश मिश्र ने बताया कि जल्द ही यह सुविधा प्रदेश के सभी जेलों में शुरू की जायेगी केंद्र सरकार की घोषणा के अनुरूप उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को आज से निःशुल्क एलपीजी सिलिंडर मिलने लगेगा कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश के सभी मंदिर अब पंद्रह अप्रैल तक बंद रहेंगे इस संबंध में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने निर्देश जारी किया है पटना डाक प्रमंडल ने लोगों की सुविधा के लिये चलंत डाकघर की व्यवस्था की है इसमें डाक सुविधाओं के अलावा लोग अपने खाते से पैसे भी निकाल सकेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य पर लगी रोक को चौदह अप्रैल तक बढ़ा दिया है सीतामढ़ी में कोरोना संदिग्ध की सूचना देने पर कथित विवाद में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने दो अरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है कोरोना और इमरजेंसी का बोर्ड लगाकर बसों से मजदूरों को पश्चिम बंगाल और दालकोला भेजने के आरोप में पटना के जक्कनपुर थाने में एक बस कंपनी की मालकिन सुजाता चौधरी पर दो प्राथमिकियां दर्ज कराई गई है सीबीएसई लॉकडाउन को देखते हुये दीक्षा एप के माध्यम से आज से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर रहा है इस एप पर ऑडियो वीडियो और टेक्सट के माध्यम से छात्र पढ़ाई कर सकेंगे साथ ही उनके सवालों के जवाब भी दिये जायेंगे

पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी की दरों में कमी की है घरेलू गैस सिलिंडर के मूल्य में पैंसठ रूपये जबकि व्यावसायिक इस्तेमाल में आने वाले सिलिंडर के दामों में एक सौ एक रूपये तक की कमी हयी है राज्य सरकार ने कहा है कि हड़ताल पर गये जो शिक्षक योगदान देना चाहते हैं वे संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को व्हाट्सएप के जरिये नियंत्रित पदाधिकारी के नाम एक आवेदन दे सकते हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश निर्गत किया है बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड के सहायक सचिव कर्मलाल के खिलाफ रिश्वतखोरी के एक मामले में निगरानी जांच ब्यूरो ने पटना स्थित विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के सात नये मामलों के सामने आने की खबरें हिन्दुस्तान दैनिक जागरण दैनिक भास्कर और प्रभात खबर समेत सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है

अब तक सत्रह विदेशी समेत तीस लोगों के नमूने जांच के लिये भेजे गये प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या सोलह से बढ़कर बाईस हुयी